उन्होंने कहा कि सरकार सदियों से प्रगति में बाधक चुनौतियों का स्थाई समाधान निकालने और उन्हें खत्म करने पर काम कर रही है

दोनों सदनों की कार्यवाही दिनमर के लिए स्थगित कर दी गई है पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा सत्तापक्ष और विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच कांग्रेस नेता मलिकार्जन खड़गे ने रफाल विमान सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग की

संसदीय कार्यमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने रफाल विमान सौदे पर अपना फैसला सुना दिया है हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर नियमों और प्रक्रियाओं के तहत चर्चा कराने का वायदा किया सदन में शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने रफाल सौदा मामला उठाते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है इस पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वे नोटिस पर विचार कर रहे हैं क्योंकि ये गंभीर मामला है

इस उपग्रह की अवधि आठ वर्ष की होगी

आज जयपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है श्री प्रभू ने कहा कि भाजपा हमेशा देश की सुरक्षा को अहम मानती है जबकि कांग्रेस ने देश की सुरक्षा से जुडे मुददों पर सवाल उठाये हैं

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र में भाजपा एक बार फिर पूर्ण बहमत के साथ सरकार बनायेगी जयपुर जयाहरात उद्योग जगत का एक प्रतिनिधि मण्डल भी श्री प्रमु से मिला और उन्हें जयपुर के जवाहररात उद्योग की आवश्यकताओं संबंधित समस्याओं का ज्ञापन दिया भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कोटारी ने बताया कि दिये गये ज्ञापन में जवाहरात उद्योग ने मांग की है कि डायमण्ड और मूल्यवान रत्नों तथा अर्द्व मूल्यवान रत्नों पर जीएसटी की दर एक समान की जाये

इसके बाद श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के लिये अन्य अधिकारियों के नियुक्ति संबंधी आदेश आज देर रात तक जारी होने की संभावना है

श्री पायलट ने आज शासन सचिवालय में पहुंचे और वहां पर विभिन्नभवनों का निरीक्षण किया इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता से जो वादे किये गये है सरकार उन पर पूरी तरह खरी उतरेगी

किसानों के ऋण माफी के बारे में भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो कहा है कि हर वर्ग को राहत दी जायेगी

सीकर जिले का फतेहपुर आज भी राज्य का सबसे सर्द स्थान रहा जहां पारा जमाव बिंदू से तीन दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि क्षेत्र में भीषण सर्दी के कारण कई जगह बर्फ की परत देखी गई

जयपुर में आज इस मौसम का सबसे ठण्डा दिन रहा मौसम विभाग ने आगामी दिनों में ठंड के और बढ़ने की संभावना जताई है